उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है

वीरेन्द्र कंवर स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में अढ़ाई लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कल ऊना जिला के तलाई में स्वच्छता रैली को हरी झण्डी दिखाने के बाद ये जानकारी दी

अनराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसी खींचतान में ही व्यस्त है राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में कल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने केन्द्र और विभिन्न प्रदेशों में चरणबद्व तरीके से विकास किया है अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा लोगों को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है जिससे देश के हर राज्य में पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिला है अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार से जनता से किए वायदे पूरा करने को कहा है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर दोषारोपण करने की बजाय सरकार को बढ़ती मंहगाई पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है उन्होंने परिवहन विभाग में आउटसोर्स पर परिचालक रखने के फैसले को युवा वर्ग के साथ अन्याय बताया है

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर सहित कई विशिष्ट लोग इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचापत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी ख़बर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है अवैध निर्माण पर एक माह में नीतिगत फैसला ले सरकार दिव्य हिमाचल का शीर्षक है आधारहीन दावों पर सख्ती बरतें कोर्ट अदालत का समय बर्बाद करने पर लिया कड़ा नोटिस हिमाचल दस्तक के शब्द हैं अवैध निर्माण तोड़ने का इंतजाम करो चीफ जस्टिस ने सरकार को दिया एक महीने का समय जबकि दैनिक जागरण लिखता है स्वीकृत नक्शे से बाहर किया निर्माण तोड़ने का हो प्रावधान

इसी ख़बर को द ट्रिब्यून ने सुर्खी दी है ठाक्र एफआईआर क्वैयशड बाई मिस्टेक वहीं दैनिक जागरण का शीर्षक है गलती से हुआ अनुराग ठाकुर पर मामला खत्म करने का आदेश

हिमाचल दस्तक लिखता है पतंजलि पर दर्ज केस से सरकार ने बचाए अफसर आज फैसला होगा लीज मनी पर हिमाचल में पाइपलाइन से घर द्वार पर मिलेगी रसोई गैस शीर्षक से अमर उजाला लिखता है पहले चरण में ऊना बिलासपुर और हमीरपुर जुड़ेंगे

दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है मंत्रियों को नहीं भाई शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी विभाग का प्रोपोजल कैबिनेट ने भेजा वापिस

अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय प्रदेश में सतर्कता में लिखा है कि पंजाब में ग्रेनेड हमले के बाद हिमाचल सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है धार्मिक स्थलों व शक्तिपीठों में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ऐसे में प्रवेश द्वारा पर थोड़ी सी भी ढील बरतना खतरे से खाली नहीं होगा